प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट ने शिक्षा को रोज़गारन्म्ख बनाने और उदयमी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों का दायरा बढ़ा दिया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट में स्वास्थ्य के बाद सबसे अधिक ध्यान शिक्षा कौशल अन्संधान और नवाचार पर केन्द्रित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में बजट को लागू करने वारे एक वेबीनार को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सुजन में देश के युवाओं को आत्म विश्वास की जरूरत है जो प्रत्यक्ष रूप से उनकी शिक्षा ज्ञान और कौशल से जूड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी मुख्य विचार के साथ तैयार की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संस्थागत सुजन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है श्री मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान और अन्संधान को सीमाओं में बांध कर रखना राष्ट्र के साथ अन्याय है सरकार कृषि अंतरिक्ष परमाण् ऊर्जा और रक्षा अन्संधान एवं विकास संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्र य्वाओं के लिए खोल रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में आयूर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा का अहम योगदान रहेगा क्योंकि भारत सरकार ने करनाल में एक महत्वाकांक्षी परियोजना सांझा सविधा केन्द्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है इससे राज्य में पारंपरिक आय्र्वेदिक उद्योग को एक बड़ा ब्नियादी प्रोत्साहन मिला है

राज्य में सूक्ष्म इकाइयों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक द्रदर्शी मिनी क्लस्टर योजना लागू की जा रही है

इसके साथ ही देश मे अबतक कृल एक करोड़ आठ लाख बारह हजार मरीज़ कोरोना वायरस से निजात पा चुके है

देश में अबतक एक करोड़ छप्पन लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन दी गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण अभियान में शामिल सभी निजी और सरकारी अस्पताल जो कोविन प्रणाली से जुड़े है वहां लचीली समय सीमा की अनुमति होगी

यह विधेयक पिछले वर्ष राज्य विधानसभा में पारित किया गया था

चनाव के दौरान श्री चौटाला की जन नायक जनता पार्टी ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का वायदा किया था और प्रदेश में इस समय जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रही है

फरीदाबाद के गांव करनेरा व सिकरोना के युवाओं एवं ब्ज्गो ने जन नायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेज़पाल डागर को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया ग्रामीण ने कहा कि इससे य्वाओं को उद्योग जगत में रोज़गार के अवसर मिलेंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आपसी सहमति से तबादला कराने के इच्छुक जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के सम्बंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं शिक्षा मंत्री आज चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व वन्य जीव दिवस पर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों को सलाम किया है उन्होंने कहा कि चाहे शेर बाघ या चीता हो भारत में विभिन्न जानवरों की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है श्री मोदी ने कहा कि लोगों को देश के बनों के सरक्षण और जानवरों के लिए सुरक्षित आवास स्निश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए देश के जंगलों में चीते जल्द ही नज़र आयेंगे इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है

सात मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता मे कल मनीष का म्काबला कज़ाकिस्तान के म्क्केबाज़ ज़ाकिर के साथ होगा कोच मंजीत सिंह ने बताया कि मनीष ओलपिंक में अपना स्थान पहले ही बना चुका है और उन्हें उम्मीद है कि वो इस प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीत कर देश को गौरवान्वित करेगा